भिलाई हादसा छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में जहरीली गैस रिसने से नो कर्मचारियों की मौत हो गई और दस गंभीर रूप से घायल हुये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया गया कि आज दोपहर संयंत्र में कोक ओवन गैस के रिसाव के बाद विस्फोट हो गया जिसके चलते यह हादसा हुआ केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है घटना के बाद उन्होंने भिलाई पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना संयंत्र प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिये हैं अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश को विकसित राज्य बनाया गया है बिजली पानी सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की दिशा में तेजी से काम किया गया है वहीं कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है उन्होंने आज शिवपुरी में ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हये कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था सत्ता में आने के बाद राज्य को कई समस्याओं से उबारने की चुनौती हमारे सामने थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश ने चौतरफा प्रगति की इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आहवान करते हुये उम्मींद जताई कि प्रदेश में पार्टी चौथी बार भारी बहुमत से विजयी होगी सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी संबोधित किया शिवपुरी के बाद श्री शाह गुना पहुंचे जहां उन्होंने रोड शौ किया श्री शाह अब से कुछ देर बाद ग्वालियर में एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे

इससे पहले श्री गांधी भोपाल मुरैना और जबलपुर का दौरा कर चुके हैं अखिलेश बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर कहा है कि उनकी पार्टी मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी उन्होंने आज खजुराहों में कहा कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय है श्री यादव की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आम्रपाली ग्रुप के तीन संचालकों को हिरासत में ले लिया है बताया गया है कि इस ग्रुप की कई परियोजनाओं के अध्रा होने से निवेशकों का पैसा फसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आम्रपाली ग्रुप परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेज जमा कराने को कहा था ये दस्तावेज अदालत को जमा नहीं कराये गये इसके चलते संचालकों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया इससे पहले अदालत आम्रपाली की सोलह संपत्तियों की नीलामी का आदेश दे चुकी है इससे एकत्रित होने वाली राशि से अध्री पड़ी परियोजना का पूरा किया जा सकता है

नई दिल्ली में कल और आज हुई कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक में करीब सौ नामों पर सहमति बन गई है पार्टी सूत्रों ने बताया कि पचास मौजूदा विधायकों को फिर चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये जायेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अगले सप्ताह आयोजित किये जाने की संभावना है इस बैठक में नामों पर चर्चा कर नाम केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजे जायेंगे प्रदेश में बहजन समाजपार्टी अपने बाइस उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरीसिंह यादव को रायसेन जिले की सिलवानी और अशोक यादव को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा की पार्टी अब तक आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने चौबीस प्रत्याशियों के नाम घोषित किये हैं जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा ग्यारह अक्टूबर को आष्ठा इछावर सीहोर और तेरह अक्टूबर को यह यात्रा सांची सिलवानी और रायसेन पहुंचेगी इस दौरान श्री चौहान कई सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा मांग भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों के लिये एक ही अनुमति पत्र जारी करने की मांग की है पार्टी के वरिष्ठ नेता शांतिलाल लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि एक ही अनुज्ञा पत्र से स्टार प्रचारक अपने वाहन का उपयोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर सकेंगे कांग्रेस शिकायत प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर सरकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है

क्योंकि इससे सत्तारूढ़ भाजपा का प्रचार प्रसार हो रहा है उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिये विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है

यहां से गेंदे के फूल देश के प्रमुख शहरों में भेजे जाते हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये है कि बिना अनुमति रैली और सभायें नहीं की जा सकेंगी